प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें वर्ष भर स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करेगा

उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे राज्य और जिला प्रशासन से सम्पर्क बनाये रखें और उनकी समस्याओं का समाधान करें

उन्होंने संबंधित मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि गरीब कल्याण योजना का लाभ लाभार्थियों तक सुचारू रूप से पहुंच सके बाइट हमारे आसपास दुखियारों के बीच जाना है उनके आंसू पोंछना है उनको मदद करना है यह जरूर याद रखिए कि जब भी बाहर निकलें तो फेस कवर तो होना ही चाहिए मैं तो कहता हूं घर में भी होना चाहिए और आज पूरी दुनिया के लिए एक ही मंत्र है सोशल डिस्टेसिंग और अनुशासन का पूरा पालन करना प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे राज्य और जिला प्रशासन से सपर्क बनाये रखें और उनकी समस्याआ का समाधान करें तथा जिला स्तर पर छोटी योजनाएं बनायें

उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रत्येक मंत्रालय के लिये दस प्रमुख निर्णयों और दस प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करें प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारे एकजुट संघर्ष ने हमारा संकल्प और मजबूत किया है बाइट सभी ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अपना संकल्प और मजबूत किया और जब मूल भाव था इस लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूं मैं भले ही घर में बैठा हूं लेकिन पूरा देश लड़ रहा है इस चीज का लोगों ने अहसास फिर से किया होगा गांव देहात से लेकर बड़े शहरों तक असंख्य दीयों ने प्रकाश ने कोरोना संकट के अंधेरे को उस हताश निराशा को दूर करने में एक एक नागरिक का हौसला बुलंद करने में मदद की केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की प्रशंसा की

उन्होंने कहा कि लोग घर में रहकर स्वास्थ्य कर्मियों की मदद कर सकते हैं

उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के कारण पिछले चार दिनों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना से प्रभावित हुए मजदूरों तथा अन्य वर्ग के लोगों को खादयान तथा अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिये जागरूकता बहुत अहम है मूख्यमंत्री आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा पत्रकारों से बातचीत कर रह थे

मूख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कोरोना टेस्टिंग केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में कोरोना टेस्टिंग के दस लैब काम कर रहे हैं दस मेडिकल कॉलेजों में जहां लैब की सुविधाएं उपलब्ध है उनको उच्चीकृत कर कोरोना टेस्टिंग लैब के रूप में बदला जा रहा है

उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर जहां टेस्टिंग की सुविधा नहीं है वहां कोविड कलेक्शन सेन्टर स्थापित किये जायें गे मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की कार्रवाई कोरोना को रोकने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है इसे सभी स्वीकार करे और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाये उन्होंने कहा कि सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि राज्य म कहीं भी भोजन का संकट न हो और उपचार में कोई भी शिथिलता न रहे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कोरोना को दूर करने में निश्चय ही सफलता मिलेगी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

उन्हें मानव से पशुओं में और पशुओं से मानव में वायरस फैलने से रोकने के तुरंत उपाय करने को कहा गया है पशुओं से मनुष्यों के सम्पर्क को सीमित करने और वन्य जीव अभयारण्यों बाघ संरक्षण अभयारण्यों और नेशनल पार्क में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने को कहा गया है

सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे एक नोडल अधिकारी के नेतृत्व में चौबीस घंटे जानकारी देने वाला तंत्र तैयार करें जो किसी भी मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल आवश्यक कार्रवाइ कर सके सूचना एवं जनसम्पर्क तथा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में लोगों को भरपूर मात्रा में खाद्यान उपलब्ध कराया जा रहा है उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के अन्तर्गत अब तक दो करोड़ छियासी लाख से अधिक राशनकार्ड धारकों को खाद्यान उपलब्ध कराया गया है जिससे बारह करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं उन्होंने कहा कि इस दौरान छह लाख मीट्रिक टन खाद्यान का वितरण किया गया है उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के एक हजार पांच सौ इक्यावान लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जिनमें से एक हजार दो सौ सत्तावन को कोरेंटाइन किया गया है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पालन न करने के मामले में दस हजार आठ सौ तीन एफआईआर दर्ज की गई है सत्रह हजार वाहन जब्त किये गये है वाहनों के चालान तथा अन्य कार्रवाई के तहत पांच करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला गया श्री अवस्थी न बताया कि सरकार जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है जिसमें दो सौ तीस लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए नये तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेरठ में कुछ सैकण्ड में लोगो को सेनेटाइज करने के लिए विशेष सेनेटाइजेशन कैबिन और चम्बर बनाये गये हैं मेरठ में छावनी परिषद की ओर से अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा के मद्देनजर एक खास सैनिटाइजेशन और कीटाणुशोधन कक्ष बनाया गया है इस केबिन नुमा चैम्बर में सैनिटाइजर और कीटाणुशोधक रसायनों का स्प्रे होता है और कुछ सेकंड के भीतर ही बिना हाथों के इस्तेमाल के ही व्यक्ति कीटाणु मुक्त हो जाता है छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद चौहान ने आकाशवाणी को बताया कि इस सुविधा का इस्तेमाल दूसरे विभागों के कर्मचारी भी कर सकते हैं मेरठ से संगीता श्रीवास्तव के साथ सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अब तक राज्य के सैंतीस जनपद कोरोना की चपेट में हैं जहां यह मामले पाये गये हैं उन्होंने बताया कि संक्रमित लोगों में से एक सौ छाछठ लोग तबलीगी जमात के हैं उन्होंने बताया कि अब तक छह हजार तिहत्तर सैम्पल की टेस्टिंग की गई

चिकित्सा सामग्री की खरीद और उपलब्धता तथा अस्पतालों की तैयारियों का भी बैठक में आकलन किया गया